लोकसभा से पारित होने के बाद कल राज्यसभा में भी सर्व सम्मति से सवर्ण आरक्षण विधेयक को पास कर दिया गया इस विधेयक में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है राज्यसभा में कल मत विभाजन के दौरान एक सौ पैंसठ सदस्यों ने इसके पक्ष में और सात सदस्यों ने विरोध में मतदान किया विधेयक को प्रवर समिति के विचार के लिए भेजने का एआईएडी एमके सहित वामपंथी दलों और अन्य सदस्यों का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरक्षण विधेयक पारित होने को सामाजिक न्याय की जीत बताया है एक टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह कानून युवा वर्ग को अपना कौशल दिखाने और देश का स्वरूप बदलने की दिशा में योगदान के व्यापक अवसर सुनिश्चित करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संविधान निर्माताओं और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि है जिन्होंने एक मजबूत और समावेशी भारत की परिकल्पना की थी वहीं केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलोत ने कहा कि यह विधेयक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम है उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है श्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि इस आरक्षण से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के मौजूदा कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान में जरूरी प्रावधानों के जरिये लाया गया है और चुनौती दिये जाने पर उच्चतम न्यायालय इसे खारिज नहीं करेगा जीएसटी बैठक छोटे कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाकर परिषद ने आज निर्णय लिया कि पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में चालीस लाख रूपये तक के कारोबारी वस्तु और सेवाकर जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे पहले यह सीमा बीस लाख रूपये थी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह सीमा दस लाख रूपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर दी गई है आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संवाददाताओं को बताया कि कम्पोजिट योजना के अन्तर्गत छोटे व्यापारियों को मूल्य संवर्धन की जगह कारोबार के आधार पर मामूली टैक्स देना होगा उन्होंने कहा कि कारोबार की सालाना सीमा एक करोड़ रूपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ कर दी गई है श्री जेटली ने कहा कि दोनों फैसलों से सूक्ष्म लघु और मझोले कारोबारियों को फायदा होगा यह फैसला इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा वेब वंडर वुमन अभियान केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को प्रभावित करने और प्रभाव छोड़ने वाली असाधारण महिलाओं को सम्मानित करने के लिए वेब वंडर वमन अभियान की शुरूआत की है नई दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य दुनिया भर से उन भारतीय महिलाओं की पहचान करना है जिन्होंने सामाजिक बदलाव की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है इसके तहत इकतीस जनवरी तक दुनिया भर से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में इस संबंध में फैसला लिया था इसके तहत किसानों को अधिग्रहित जमीन लौटाने के संबंध में राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए है इस आदेश के अनुसार लोहांडीगुड़ा के प्रभावित किसानों को उनकी लगभग चार हजार चार सौ एकड़ जमीन जल्द से जल्द वापस की जाएगी यह जमीन वर्ष दो हजार आठ में टाटा समूह के प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई थी राजस्व विभाग के परिपत्र के अनुसार लोहाण्डीगुड़ा तहसील के दस गांवों के सत्रह सौ सात खातेदारों की जमीन वापस करने के लिए प्रक्रिया तैय कर दी गई है इनमें बड़ांजी बड़ेपरोदा बेलर बेलियापाल छिन्दगांव दाबपाल धुरागांव कुम्हली सिरिसगुड़ा और टाकरागुड़ा के किसान शामिल हैं

आज सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष की सहमति से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन की आगामी बैठक आठ फरवरी तक के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा की उन्होंने कहा कि आगामी सत्र की बैठक आठ फरवरी से शुरू होकर आठ मार्च तक निर्धारित की गई है विधानसभा राज्यपाल अभिभाषण विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरूआती दिनों में ही किसानों की कर्जमाफी सहित बस्तर में इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस दिलाने जैसे अहम फैसले लिए हैं श्री बघेल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस अभिभाषण की शुरुवात की लाइन ने उन्हें प्रभावित किया जिसमे कहा गया है कि दीवारों के चित्रों को बदलकर इतिहास के तथ्यों को मिटा नही सकते उन्होंने कहा कि सरकार अपने फैसलों से समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन में रंग भरने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के बाईस दिनों में ही चौदह बड़े फैसले लिए हैं श्री बघेल ने आज सदन में छतीसगढ़ राज्य के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त पिछले वित्त वर्ष का प्रतिवेदन पटल पर रखा

इस संबंध में प्रदेश के संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज विधानसभा में राजिम कुंभ कल्प मेला संशोधन विधेयक पेश किया यह विधेयक दोनों पक्षों की चर्चा के बाद मत विभाजन के माध्यम से पारित किया गया है विधेयक के पक्ष में बासठ और विपक्ष में आठ मत पड़े संस्कृति मंत्री ने बताया कि आगामी उन्नीस जनवरी से राजिम माघी पुन्नी मेला शुरू होने जा रहा है संस्कृति मंत्री ने सदन में कहा कि देश के कुछ साधु संतों ने राजिम मेले के नाम में कुम्भ शब्द जोड़ने पर आपत्ति की थी इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुसार राजिम मेले का वही नाम फिर से रखा गया है जो पहले से प्रचलित था सीएजी रिपोर्ट प्रेस छत्तीसगढ़ के महालेखाकार विजय कुमार मोहंती ने आज पिछले वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय कामकाज पर केंद्रित रिपोर्ट मीडिया को जारी की रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में यह रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट तीन अलग अलग भागों में पेश की गई है सामाजिक क्षेत्र की रिपोर्ट में राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा किए गए खर्च और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है आकाशवाणी छत्तीसगढ़ी पैनल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल का विस्तार किया जा रहा है इसके लिए केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा इच्छुक लोंगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन पत्र इक्कीस जनवरी तक डाक द्वारा अथवा स्वयँ उपस्थित होकर केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र सिविल लाईन्स रायपुर के पते पर जमा किया जा सकता है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रायपुर में सिविल लाईन्स स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्राप्ष्त किया जा सकता है केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के नाम से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए तीन सौ रूपए और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए दो सौ पच्चीस रूपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है आवेदक को किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है छत्तीसगढ़ी बोली में प्रवीण होने के साथ ही आवाज प्रसारण योग्य होना चाहिए उम्मीदवार को रेडियो अथवा टेलीविजन में पत्रकारिता का अनुभव और कम्प्यूटर में काम करने का बुनियादी ज्ञान होना वांछनीय है संक्षिप्त समाचार बीजापुर पुलिस ने कल कंद्लनार और चिन्नाकवाली के जंगल से तीन वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक ये तीनों माओवादी दंतेवाड़ा जेल ब्रेक की घटना में शामिल थे

नारायणपुर में कल से माड़ महोत्सव शुरू हो गया है

कोरिया जिला और सत्र न्यायाधीश ने पेंड्री गांव के सरपंच को द्ष्कर्म मामले में सात साल की सजा सुनाई है